नई दिल्ली में आज एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश ने अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित और हासिल किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स की गवर्निंग काउंसिल ने संस्थान में बुनियादी ढांचे के विकास और चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है कल राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांड्र के अध्यक्षता में ट्रीम्स की चौथी गर्वर्निंग काउंसिल की बैठक में परियोजनाओं के संचालन और इससे जुड़े कामों को मंजूरी देने में देरी को देखते हुए इंजीनियंरिंग टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया गया मुख्य अभियंता इस टास्क फोर्स के प्रधान होंगे बैठक के दौरान संस्थान के निदेशक डॉ मोजी जीनी ने गवर्निंग काउंसिल को बताया कि एम बी बी एस पाठ्यक्रम के पहले बैच के सभी पचास विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक दूसरे वर्ष में प्रवेश ले लिए है उन्होंने बताया कि संस्थान ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से ट्रिम्स में एम बी बी एस सीटे बढ़ाए जाने के लिए आवेदन किया है गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से संस्थान में कैंसर के इलाक के लिए आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया सांसद तापिर गाव ने कृषि बाग़वानी और मछली पालन क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के आश्वासन दिया है कल ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए जिला उपायुक्तों से कार्ययोजना भेजने को कहा गया है इस बैठक में विधायक कालिंग मोयोंग निनोंग इरिंग केंतो रिना जिगनू नामचुम मुचु मिथि ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह लोअर दिवांग वैली जिला उपायुक्त मिताली नामचुम लोहित के जिला उपायुक्त प्रिंस धवन अंजाव के जिला उपायुक्त डी रिबा और चांगलांग के जिला उपायुक्त आर के शर्मा मौजूद थे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही ईटानगर सहित देश के अटटाईस और शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सी जी एच एस की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी कल दिल्ली में एक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि इन नए शहरों ने ईटानगर के अलावा कन्नर और कोजिकोड जैसे शहर भी शामिल है उल्लेखनीय है कि राजधानी ईटानगर में केंद्र सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में तैनात है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि दो हजार चौदह तक देश के केवल तीस शहरों में सी जी एच एस की सुविधाए उपलब्ध थी जों अब बढ़कर बहत्तर शहरों में हो चूकी है उन्होंने कहा कि देशभर में पैतीस लाख़ से ज्यादा लोग सी जी एस एस की मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा रहे है असम सरकार ने राज्य में प्रदर्शनकारी संगठनों के नेताओं से बातचीत करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज सुबह गुवाहाटी में मीडिया से कहा कि बातचीत से सभी मुद्दे सुलझाएं जा सकते हैं मुख्यमंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि संशोधित नागरिकता कानून से राय्य के मूल निवासियों के अधिकारोक को कोई नुकसान नही होगा श्री सोनोवाल ने कहा कि वह राज्य के लोगों के हितों के रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की उन्होंने कहा कि हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है शी सोनोवाल ने कहा कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण राज्य में आये और दशकों से रह रहे लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते है इस बीच राज्य में आज सुबह से फिर से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है इधर असम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आज नलबाड़ी शहर में शांति मार्च निकाला जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा कई मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भाग लिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री लोगो से प्रदेश में स्थायी शांती और सामान्य स्थिति बहाल करने की जरूरत पर बल दिया राजधानी क्षेत्र ईटानगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लैन में विकसित करने की परियोजना का निरीक्षण किया उन्होंने ईटानगर से पापू नालाह के बीच परियोजना कार्य में लगी एजेंसी से समय पर कार्य प्ररा करने के निर्देश दिए श्री पोतोम ने कहा कि जिला प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए निर्धारित क्षेत्र से अन्य निर्माण कार्यों को हटाने में एजेंसी के साथ सहयोग करेगी भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की बाईसवीं बैठक कल नई दिल्ली में होगी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे चीन का प्रतिनिधित्व वहा के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग वी करेंगे इस वर्ष अक्टूवर में चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच द्रसरी अनौपचारिक बैठक के बाद दोनो देशों के विशेष प्रतिनिधियों की यह पहली बैठक होगी